पांच न्या याधीशों की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी न्या यालय ने केन्द् सरकार और जम्मूई कश्मीार सरकार को भी इस मामले में नोटिस जारी किया है प्रधान न्योयाधीश रंजन गोगोई की अध्य क्षता वाली पीठ ने महाधिवक्ता वेणुगोपाल की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंकने कहा था कि इस मामले में नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि इस मामले में न्या यालय की टिप्पंणियों को संयुक्ते राष्ट्रल के समक्ष पेश किया जाता है

ये सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जायेगा

इसमें करीब सौ देशों के मंत्री भी हिस्सा लेंगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी इस महासम्मेलन में शामिल होंगे खेल दिवस फ़लेगशिप प्रदेश में हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस कल राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जायेगा इस दिन राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के सभी जिलों में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएँ होंगी और साईकिल रैली निकाली जायेगी खेल संचालक डॉ एसएल थाउसेन ने बताया है कि टीटी नगर स्टेडियम में सुबह सात बजे साईकिल रैली होंगी रैली टीटी नगर स्टेडियम से प्रारंभ होकर बोर्ड ऑफिस चौराहे तक जाएगी और वहां से वापस स्टेडियम पहंचेगी

राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी फिट इंडिया अभियान का शुभारंभ करेंगे जिसका दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण किया जाएगा टीटी नगर स्टेडियम स्थित बड़ी स्क्रीन पर भी फिट इंडिया कार्यक्रम के प्रसारण की व्यवस्था की गई है यहाँ खिलाड़ी सीधा प्रसारण देखेंगे और फिट रहने की शपथ ग्रहण करेंगे प्रदेश के स्कूलों और महाविद्यालयों में भी यह कार्यक्रम होगा खेल दिवस यूजीसी विश्वूविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने विश्वउविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थालनों को कल से शुरू हो रहे फिट इंडिया अभियान की तैयारियां करने को कहा है यूजीसी सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि आयोग ने उच्ची शिक्षा संस्थाानों से कहा है कि वे विद्यार्थियों शिक्षकों और कर्मचारियों को फिटनेस की शपथ दिलाने के कार्यक्रम की तैयारियां करने को कहा है

इन संस्थाओं की लैब में जाँच किट्स आदि उपलब्ध करा दिये गये हैं लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग डेंगू को फैलने से रोकने के लिये बचाव और नियंत्रण पर जोर दे रहा है

उन्होंने कहा कि डेंगू चिकुनगुनिया से गंभीर स्थिति न बने इसके लिये मैदानी अमले को बचाव और नियंत्रण के कारगर उपाय करने के निर्देश दिये गये हैं

इस अभियान से क्षेत्र में खुले में शौच से म्क्ति के प्रयास किए जा रहे हैं